मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निगम शिमला की तीन सेवाओं गवर्नमेंट ट्र सीटीजन का किया शुभारंभ केंद्र सरकार ने धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वैस्टर मीट के लिए जारी किए पांच करोड़ रूपए

पुरस्कार प्रदेश के तीन जिलों शिमला मंडी और सिरमौर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जागरूकता व अन्य गतिविधियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए मण्डी जिला के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर शिमला के अमित कश्यप और सिरमौर के आर के परूथी ने ये पुरस्कार ग्रहण किए मण्डी जिले को अभियान के तहत एक साल में दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उपायुक्त ने इस उपलब्धि के लिए जिले के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने में जन सहयोग की अहम भूमिका रही है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने इस उपलब्धि के लिए जिला प्रशाासन व प्रदेश वासियों को बधाई दी है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज नगर निगम शिमला के तीन सेवाओं गर्वनमेंट ट्र सिटिजन का शुभारंभ किया राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित इन सेवाओं में ऑनलाईन गारवेज चार्जिज कलैक्शन एप्लीकेशन ऑनलाईन बिल्डिंग प्लानिंग और रेंट व लीज एप्लीकेशन शामिल हैं

जयराम ठाकुर ने कहा कि इन सेवाओं का उददेश्य सरकार की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता अधिक दक्षता निष्पक्षता और निगम स्तर पर जी टू सी सेवाएं देने के लिए एकल खिड़की प्रदान करना है उन्होंने कहा कि इनके माध्यम से ऑनलाईन भुगतान प्रणाली और भवनों के नक्शों को स्वीकृत करवाने की सुविधा सुनिश्चित होगी और लोगों को नगर निगम के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और निगम की महापौर कुसुम सदरेट सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे

मॉनसून के दौरान हुए नुकसान का जायजा लेने चार दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंची अंतरमंत्रालय की केंद्रीय टीम के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये जानकारी दी मुख्यमंत्री ने केंद्रीय टीम को प्रदेश में हुए नुकसान के संबंध में केंद्र के समक्ष हिमाचल का पक्ष मजबूती के साथ रखने का आग्रह किया ताकि राहत व पुर्ननिर्माण कार्य के लिए समूचित सहायता प्राप्त हो सके उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य होने के कारण हिमाचल में मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले निर्माण और पुर्ननिर्माण लागत अधिक रहती है महेन्द्र सिंह टीसीपी कैबिनेट उप समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों को प्लानिंग व साडा एरिया से बाहर करने के लिए जनसुनवाई करने का निर्णय लिया है

उन्होंने कहा कि प्लानिंग एरिया में शामिल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की शिकायतों को सुनने के बाद सुझावों के आधार पर समिति अपनी सिफारिशें तैयार करेगी इसके लिए तीन समितियों का गठन किया गया है महेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि शिमला जिला में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज कुल्लू मनाली में वन मंत्री गोबिंद ठाकुर और मण्डी जिले में वे स्वयं लोगों की शिकायतें सुनेंगे सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर विभिन्न योजनाएं आरंभ की है शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला व स्वयंसेवी संगठन द्वारा शिमला में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में आज उन्होंने ये बात कही सुरेश भारद्वाज ने स्कूल भवन के लिए चिन्हित स्थान के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और रिर्पोट प्रस्तुत करने को कहा शिक्षा मंत्री महिला सुरक्षा व स्वच्छता के दृष्टिगत स्कूल परिसर में स्थापित आधुनिक सैनेटरी पैड वैंडिंग मशीन का शुभारंभ भी किया विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि युनिवर्सल प्रोटैकशन हैल्थ स्कीम के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है वे आज चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर बस स्टेंड से भरमौर कृगती पालमपुर रात्री बस सेवा शुभारंभ और हिमुडा द्वारा निर्मित सामुदायिक व वाणिज्य भवन का लोकार्पण करने के बाद बोल रहे थे

इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने मणिमहेश यात्रा का जायजा लिया और डलझील भरमाणी माता जाकर पूजा अर्चना की केंद्र राशि केंद्र सरकार ने धर्मशाला में सात व आठ नवम्बर को होने वाली ग्लोबल इन्वैस्टर मीट के लिए पांच करोड़ रूपए जारी कर दिए हैं मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी को भेजे गए एक पत्र में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक ने बताया है कि इस राशि को इन्वैस्टर मीट का संकल्पना खाका बनाने व सम्पूर्ण आयोजन की योजना सहित अन्य घटकों के लिए मंजूर किया गया है उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया था सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल अधिकारियों को विकास के लिए समीक्षा बैठकों के महत्व को समझने की सलाह दी है अनुसूचित जाति उपयोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए आज सोलन में उन्होंने कहा कि ऐसी बैठकों का आयोजन सरकार की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण है राजीव सैजल ने कहा कि सरकार की योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सरकार जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों का तालमेल होना जरूरी है उन्होंने ऐसी बैठकों में सभी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित बनाने के उपायुक्त को निर्देश दिए

मणिमहेश चंबा जिला की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा आज राधा अष्टमी के पर्व पर डलझील में शाही स्नान के साथ सम्पन्न हो गई

इसमें सबसे पहले भरमौर के संचुई क्षेत्र के शिव भक्तों ने मणिमहेश डलझील को पैदल पार किया इसके बाद अन्य श्रद्वालुओं ने झील में आस्था की डूबकी लगाई बाद में श्रद्वालुओं ने भगवान शिव के मन्दिर में माथा टेका और कैलाश पर्वत के दर्शन किए इस वर्ष मणिमहेश यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्दालुओं ने हिस्सा लिया इस दौरान श्रद्दालुओं की सुविधा के लिए लंगर चिकित्सा शिविर अस्थाई आवास व शौचालयों की व्यवस्था के अलावा भरमौर हैलीपैड से गौरीकुंड तक हैली टैक्सी सेवा उपलब्ध कराई गई भाजपा बैठक भाजपा के शिमला जिला इकाई के कार्यकर्ताओं की एक कार्यशाला जिला अध्यक्ष संजय सूद की अध्यक्षता में आज पार्टी कार्यालय दीपकमल में हुई इस दौरान चुनाव प्रभारी सूरज नेगी ने बताया कि कार्यशाला में कई विषयों पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के बारे अवगत कराया गया

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया राज्यपाल विदाई राज्यपाल कलराज मिश्र के सम्मान में शिमला स्थित राजभवन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया इस अवसर पर लेडी गवर्नर सत्यावती मिश्र भी मौजूद रहीं राज्यपाल ने कहा कि एक नई जिम्मेदारी के साथ वे हिमाचल से जा रहे हैं और यहां मिले स्नेह और अपनेपन से उन्हें नई उर्जा मिली है जो उन्हें अधिक कार्य करने की प्रेरणा देगी इस बीच राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डेजी ठाकुर ने आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार भेंट की